हरियाणा के प्रगतिशील किसान कंवर पाल सिंह चौहान ने कृषि विधेयकों को किसानों की स्मुदधि का मार्ग बताया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत तभी आत्म निर्भर बनेगा जब किसान और गांव सशक्त होंगे

श्री मोदी ने कहा कि हाल ही मे किसानों ने अपने आप को बहत सी पाबिंदयों से मुक्त किया है और बहत सारी काल्पनिक धारणायें तोड़ने की कोशिश की है अब किसानों को ये अधिकार मिल गया है कि वो जो भी फसल उगायेगें किसी भी स्थान पर अच्छी कीमत पर बेच सकते हे चाहे वो फसल धान की हो गेहूं सरसो या गन्ना हो प्रधानमंत्री ने हरियाणा में सोनीपत जिले के किसान कंवर चौहान का उदाहरण दिया किसी समय कंवर चौहान को मंडी के बाहर फल सब्जी बेचने में मृश्किल आती थी अगर वो मंडी बाहर बेचने की कोशिश करता तो उसकी उपज और गाड़ी जब्त कर ली जाती थी

उनहोंने मिल कर किसान उत्पादक संगठन बनाया और अपने गांव में स्वीट कोर्न और बेबी कोर्न की खेती कर रहे है और अपनी फसल सीधे आज़ादपूर मंडी दिल्ली और पांच सितारा होटलों को बेच रहे है

श्री मोदी ने इसी प्रकार अन्य प्रांतो के प्रगतिशील किसानों के उदाहरण भी दिये जो फल सब्जियों की खेती कर रहे है प्रधानमंत्री ने कथा वाचक को भारतीय परपम्रा का जिक्र करते हये कहा कि प्रत्येक परिवार में क्छ बड़ी आय् के लोग अपने बच्चों को कहानियां सुनाने है जो सदैव का हिस्सा है और जिससे पूरे परिवार को नई ऊर्जा और प्ररेणा मिलती है उन्होंने कहा कि इन कहानियों की महत्ता पर प्रकाश डालते हये कहा कि प्रत्येक कहानी में एक नैतिक संदेश होता है उन्होंने इस अवसर पर कथा वाचकों से सीधी बातचीत की और कहानियां भी सुनाई श्री मोदी ने स्वंतत्रता सैनानी शहीद भगत सिंह को याद किया जिनकी जयंती कल मनाई जा रही है उन्होंने कहा कि भगत सिंह हौंसले व बहाद्री के प्रतीक है पदमश्री सम्मानित किसान कंवर पाल सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि विधेयकों ने किसानों की स्मृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है

श्री चौहान यमुनानगर के साथ लगते सोनीपत के गांव अटेरना और आस पास के एक दर्जन गांवों में परम्परागत फसलों की जगह स्वीट कोर्न और बेबी कोर्न् की खेती कर किसान विकास की जो इबारत लिख् रहे है इसका पूर श्रेय अटेरना के प्रगतिशील किसान कंवर सिंह चौहान को जाता है वकील रहे कंवर सिंह ने बरसों पहले सोनीपत शहर छोड़कर अपने अपने गांव का रूख कर लिया था खेती को घाटे का सौदा माने जाने के वाबजूद उन्होंने एक एकड़ में स्वीट कोर्न व बेबी कोर्न की खेती कर आस पास के किसानों की केवल सोच नहीं बदली अपित् उन्हें जागरूक कर अपने साथ जोड़ लिया इसके चलते उन्हें गत वर्ष पदमश्री ने नवाजा गया आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात में कंवर सिंह चौहान के कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्यो से करोड़ों देशवासियों के रू ब रू करवा कर घाटे की खेती को मुनाफे में बदलने के में बताया है

महात्मा गांधी ने पश्चिम बंगाला के सौदेपुर में एक प्रार्थना सभा के बाद अपने विचार सांझा करते हये गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण के बारे में कहा कि अपनी संस्कृति की रक्षा मनुष्य स्वयं ही कर सकता है कोई दूसरा नहीं कर सकता

हरियाणा के प्रातत्व संग्रहालय एवं श्रम रोजगार राज्यमंत्री अनुप धानक ने कहा कि नागरिकों को सभी मूलभूत सुविधाएं मूहैया करवाना सरकार की प्राथमिकता है श्री धानक ने आज जिला हिसार के गांव राजली में तीन गलियोंखेल स्टेडियम के मुख्य दवार और दो जिम का उदघाटन किया इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की दृष्टि से सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करवाया जा रहा है हरियाणा सरकार हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है समाज के गरीब वर्ग के विकास के लिए निरंतर कार्य किये जा रहे हैं

आज इन कृषि विधेयकों के समर्थन में पार्टी की ओर से रोहतक शहर में ट्रैक्टर रैली निकाली गई साथ ही इस दौरान पार्टी के दोबारा जिला ध्यक्ष नियुक्त बलवान सिहाग का स्वागत भी किया गया इस अवसर पर जन नायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष व जिला प्रभारी डा के सी बागड़ भी मौजूद रहे उन्होंने कहा कि इन विधेयकों में किसान विरोधी कोई बात नहीं है और न ही ऐसी कोई शर्त है जिससे किसान को परेशानी होती हो